राजनाथ सिंह शिखर वार्ता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल रही है आज नई दिल्ली में हुए शिखर वार्ता में श्री सिंह ने कहा कि नक्सलवाद देश के सामने बड़ी चुनौती है और सरकार किसी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगी इतनी बात में दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गवर्मेट के संबंध में जिसको जो कहना है उसकी आइडियोलॉजी उसकी फिलोसफी डिफरेंट हो सकती है भले ही हम उससे सहमत हों न हों सब चलेगा लेकिन किसी को वायलेंस इस देश में प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती गृहमंत्री ने कहा कि माओवाद को जड़ से उखाड़ने की जरूरत है और शहरी नक्सलवादी हिंसा भड़काने में लगे हैं अमित शाह भिलाई इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कराकर शांत और समुद्ध राज्य बनाया है आज भिलाई नगर के पास चरौदा में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नक्सलवादी हिंसा की सबसे ज्यादा कीमत महिलाओं को चुकानी पड़ी है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं के नाम राशन कार्ड जारी किए हैं वहीं प्रदेश की चालीस लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन भी दिए जा रहे हैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडेय महिला और बाल विकास मंत्री रमशीला साहू सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे अमित शाह कांकेर अमित शाह इसके पहले कांकेर के नरहरपूर में आयोजित तेंद्रपत्ता बोनस तिहार में शामिल हुए

इस अवसर पर वन मंत्री महेश गागड़ा लोकसभा सांसद विक्रम उसेण्डी उपस्थित थे एक दिवसीय दौरे पर अमित शाह आज सुबह रायपुर पहुंचे थे इसके बाद वे एयरपोर्ट से सीधे धमतरी के सिहावा में श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहंचकर वहां स्थित महामाया देवी के दर्शन किया रेल मंत्री छत्तीसगढ केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे वे कबीरधाम जिले में कटघोरा मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ रेललाईन परियोजना के शिलान्यास समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे लगभग छह हजार करोड़ रूपये की लागत वाले इस रेल परियोजना में दो सौ पचानवे किलोमीटर रेललाइन बिछायी जाएगी कबीरधाम के स्वामी करपात्री जी आउटडोर स्टेडियम में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित राज्य सरकार अन्य मंत्रीगण शामिल होंगे कोरिया नशीली दवा कोरिया जिले के पटना क्षेत्र में पुलिस ने एक घर से बड़ी मात्रा में नशीली कफ सिरप और कैप्सुल बरामद किया है पुलिस ने मौके से करीब नौ सौ चालीस नग कफ सिरप की शीशी और ग्यारह हजार पांच सौ चवालीस कैप्सुल जब्त किया है मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जिले के बरपारा का निवासी है जिसके घर से यह नशीली दवाइयां मिली हैं पुलिस के अनुसार इन दवाइयों की कीमत करीब ढाई लाख रूपए हैं आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आकशवाणी संगीत सम्मेलन आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा कल रायपुर में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन दो हजार अट्ठारह का आयोजन किया जा रहा है यह कार्यक्रम रायपुर के जेएनपांडेय शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में सुबह दस बजे से होगा इस कार्यक्रम में रत्नागिरी के सुप्रसिद्ध कलाकार प्रसाद एम गुलवणी द्वारा गायन और इंदौर आकाशवाणी के कलाकार सतीश खानवलकर द्वारा गिटार वादन की प्रस्तुति दी जाएगी टीकाकरण अभियान केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा देशभर में खसरा और रूबेला रोग को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में कल छह अक्टूबर से प्रदेश में भी टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा

इस अभियान के तहत नौ माह से पन्द्रह साल के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से यह टीका लगवाना होगा इसके अलावा उन बच्चों को यह टीका लगाना आवश्यक है जिन्हें पहले एमआर या एमएमआर का टीका लग चुका हो या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें पहले कभी खसरा और रूबेला रोग हो चुका हो यह टीका सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों शासकीय और अर्द्वशासकीय स्कूलों जिला चिकित्सालय और सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क लगाया जाएगा

गुरूवार को जारी आदेश के अनुसार क्ल एक सौ बाईस विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं मुख्यमंत्री निवास पर कल छह अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी राज्य शासन ने दस प्रधान मुख्य वन संरक्षक अधिकारियों की नई पदस्थापना की है इसके तहत अटल नगर में पदस्थ प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीता गुप्ता को रायपुर का मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी में नाव के पलट जाने से एक महिला के लापता होने की खबर है नाव में बारह लोग सवार थे महिला की तलाश जारी है जांजगीर में आज से अट्ठारहवीं राज्य स्तरीय शालेय खेलकृद स्पर्धा का शुभारंभ किया गया है चार दिनों तक चलने वाले इस स्पर्धा में चौदह सत्रह और उन्नीस आय वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं